बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी बंद रहा बेअसर

शिक्षा और समाज में दिया जायेगा बहुभाषा को बढ़ावा

हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए मजदूरी से मुख्य अतिथि तक की जनजातीय कलाकार भूरी बाई की कला यात्रा की कहानी पीएम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे वे असम के धीमाजी में शिलापाथर में तेल और गैस की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे श्री मोदी इंजीनियरिंग कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली में कुछेक रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे इनमें नौपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक विस्ताररित मैट्रो रेल का उद्घाटन भी शामिल है वे खड़ंगपुर आदित्यतपुर रेलखंड पर कलईकुंडा और झारग्राम के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन भी करेंगे

बसंतोत्सव के दौरान वाग्देवी सरस्वती के प्रकटोत्सव पर यज्ञ और विशेष पूजा अर्चना की गई समापन अवसर पर सैकड़ों कन्याओ का पूजन किया गया पूजन के पश्चात सभी कन्याओं ने भोजशाला के दर्शन किये दर्शन पश्चात अखण्ड संकल्प ज्योति मन्दिर पर कन्या भोज सम्पन्न किया गया कांग्रेस बंद बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्वि के विरोध में कल कांग्रेस पार्टी के आहवान पर किया गया आधे दिन का प्रदेशव्यापी बंद करीब करीब निष्प्रभावी रहा इंदौर जबलपुर ग्वालियर छिंदवाड़ा सतना रायसेन विदिशा मुरैना सागर सीहोर सीधी आगरमालवा सहित कई जिलों के बाजारों में मामूली रूप से दुकाने बंद रहीं वहीं राजधानी भोपाल में सभी बाजारों में दुकाने और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः खुले रहे और रोजमर्रा की तरह कामकाज हुआ प्रदेश के अन्य जिलों में भी इक्का द्वका द्वकानों को छोड़कर व्यापार व्यवसाय सामान्य रहा बंद के समर्थन में कांग्रेस ने शहडोल में गोहपारू से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता और व्यापारिक संस्थाओं को समर्थन के लिए आभार जताया है जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बंद को पूरी तरह फेल बताया

इसमें से दो सौ दो लाख टन से ज्यादा की खरीद अकेले पंजाब में की गई है

इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बेहुभाषिता को बढ़ावा देना

इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र इस अवसर पर चार दिन के वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं आज आयोजन के पहले दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु बहुभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे श्री नायड् अंतरराष्ट्रीय वर्च्यअल सुलेखन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वेबिनार को संबोधित करेंगे

समारोह का शुभारंभ राज्य की पर्यटन मंत्री उषा ठाकर ने ने किया इस अवसर पर कल गीता चंदन एवं साथी द्वारा भरतनाट्यम समूह की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई वहीं कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति मोहिनीअट्टम एवं तीसरी प्रस्तुति कथा के युगल की हुई श्भारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में कलाप्रेमी और दर्शक मौजूद थे

साथ ही ललित कलाओं पर आधारित हनर मेला भी लगाया गया है अच्छी खबर हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय कला केन्द्र भारत भवन में मजदूरी करने वाली जनजातीय कलाकार भूरी बाई की सफलता की कहानी